कश्मीर में अलगाववादी नेताओं को दी गई सुरक्षा वापस ली गई बिहार के बरौनी में पैंतीस हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की शुरुआत पटना में मैट्रो रेल का शिलान्यास प्रदेश में एक बार फिर ठण्ड का दौर जारी विधानसभा बजट सत्र पन्द्रहवीं विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है

विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापति ने आज विधानसभा में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया इस अवसर पर उन्होंने बताया कि सत्र के मददेनजर अब तक विधानसभा सचिवालय में करीब सात सौ सत्ताइस प्रश्नों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं ध्यानाकर्षण की एक सौ सड़सठ स्थगन की आठ शून्यकाल की चौसठ और तीन अन्य याचिकायें प्राप्त हई हैं

दूसरी ओर कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने अपने अपने दलों की रणनीति बनाने के लिए आज भोपाल में विधायकों की बैठक बुलाई है श्रद्वांजलि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर केंडल मार्च श्रद्धांजलि सभाओं के साथ ही लोगों द्वारा रोष व्यक्त किया जा रहा हैं आज भाजपा ने प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आज इंदौर के चिमनबाग मैदान में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया सम्मेलन में कश्मीर के पुलवामा में हए आतंकी हमलों में शहीद हए जवानों को श्रद्वांजलि दी गई उधर जम्मू में आज तीसरे दिन भी कफ्यू जारी है पुलवामा हमले के बाद शहर में हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण शुक्रवार को यहां कर्फ्यू लगा दिया गया था उपायुक्त रमेश कुमार ने बताया कि स्थिति की निगरानी की जा रही है और कर्फ्यू में ढील देने के बारे में फैसला आज किया जाएगा जम्मु कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलिस को निर्देश दिया है कि हिंसा आगजनी और अफवाहें फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए सुरक्षा वापस जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आज कश्मीर के मीरवाइज उमर फारूख सहित पांच अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा वापस लेने का आदेश जारी किया है मीरवाइज के अलावा अब्दुल गनी भट्ट बिलाल लोन हाशिम कुरैशी और शब्बीर शाह की सुरक्षा वापस ले ली गयी है पुलवामा हमले के बाद यह फैसला किया गया है आदेश के अनुसार अलगाववादियों को प्रदान की गयी पूरी सुरक्षा और वाहन आज शाम तक वापस ले लिए जाएंगे उन्हें तथा किसी अन्य अलगाववादी को किसी भी बहाने से सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी पूलिस इस बात का भी पता लगाएगी कि ऐसे और अलगाववादी तो नहीं हैं जिन्हें सुरक्षा या सुविधाएँ मिली हुई हैं और अगर ऐसा पाया गया तो उन्हें तत्काल वापस ले लिया जाएगा केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को श्रीनगर में समीक्षा के दौरान कहा था कि अलगावावादी नेताओं को दी गई सुरक्षा की समीक्षा की जानी चाहिए गारमेण्ट पार्क प्रदेश सरकार ने अपने पिछले दो महीने के कार्यकाल में कई जनहित के निर्णय लिये हैं इनमें किसानों की कर्जमाफी प्रमुख है

उन्होंने बताया कि राज्य में चार नये गारमेण्ट पार्क बनाये जा रहे हैं साथ ही शहरी युवाओं को रोजगार देने के लिए युवा स्वाभिमान योजना भी लागू की गई है

प्रधानमंत्री ने गैस पाइप लाइन बरौनी तेल शोधक संयंत्र के विस्तार बरौनी उर्वरक इकाई के जीर्णोद्वार ए टी एफ विमान ईंधन संयंत्र पारादीप हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का पटना और मुजफ्फरपुर तक विस्तार पटना में ऊर्जा गंगा परियोजना नगर गैस वितरण तथा अन्य परियोजनाओं के निर्माण कार्य की शुरूआत की और परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कीं

यह ट्रेन दिल्ली और वाराणसी के बीच की दूरी आठ घंटे में तय करेगी और कानपुर तथा प्रयागराज स्टेशनों पर भी रूकेगी इस रेलगाड़ी की अगले दो सप्ताह की टिकटें पहले ही बिक चुकी हैं इस ट्रेन का निर्माण भारत में ही किया गया है सोमवार और गुरूवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी सभी दिन इस ट्रेन की सेवाएं उपलब्ध होंगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इसे झंडी दिखाकर रवाना किया था फर्जी पोस्ट आग्रह पुलवामा आतंकवादी हमले को लेकर सोशल मीडिया में चल रही फर्जी तस्वीरों और पोस्ट को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने लोगों से साझा नहीं करने का आग्रह किया है आज जारी एक ट्वीट में सीआरपीएफ ने कहा कि कश्मीरी छात्रों को प्रताड़ित करने की खबरें गलत हैं ऐसा ध्यान में आया है कि कृछ उपद्रवी तत्व घृणा फैलाने के लिए फर्जी तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें रोका जाना चाहिए ऐसी तस्वीर और पोस्ट की सूचना वेब प्रो एट द रेट सीआरपीएफ डाट जीओवी डाट इन पर दी जा सकती है अंशकालिक संवाददाता आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इन्दौर मंदसौर रतलाम बालाघाट मंडला और निवाड़ी जिलों में संवाददाताओं के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आवेदक के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए

आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं मौसम प्रदेश के मौसम में तापमान के उतार चढ़ाव का दौर जारी है अधिकांश स्थानों पर दिन में ध्रप खिलने से जहां गर्मी का असर बढ़ने लगा है वहीं रात को हवायें चलने और तापमान में कमी आने से सर्दी का अहसास बरकरार है राजधानी भोपाल में पिछले चौबीस घंटे के दौरान दिन में धूप खिलने से तापमान में बढ़ोत्तरी हुई वहीं शाम होते होते हल्की सर्दी भी पड़ रही है मौसम विभाग के अनुसार तापमान में उतार चढ़ाव का दौर अभी कुछ दिनों तक चलेगा और यह बदलाव राजस्थान पर बने चक्रवात के उत्तरप्रदेश की तरफ खिसकने से हो रहा है मौसम विभाग के अनुसार हवाओं का रुख उत्तर दिशा की ओर होने से सर्दी बढ़ी है मौसम विभाग ने बताया है कि अगले चौबीस घण्टों के दौरान तापमान में और गिरावट की संभावना है प्रदेश के कई स्थानों पर बादल छाये रहेंगे हवाओं का रुख बदलने से कई जगहों पर तापमान बढ़ भी सकता है

घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है